बापू ने पश्चिम बंगाल के सोदेप्र में प्रार्थना संबोधन के बाद लोगों से साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने और एकज्ट रहने की अपील की थी

शासकीय प्रवक्ता ने पत्रकारों को सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों पर जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों के कारण अन्य राज्यों के म्काबले उत्तराखंड में महंगाई काबू पर है

मुख्य निर्वाचन आय्क्त सुनील अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में च्नाव कार्यक्रम की घोषणा करते हए कहा कि आदर्श आचार संहिता त्रंत प्रभाव से लागू हो गई है

अंतिम एक घंटा कोविड रोगियों के लिए रखा गया है

उन्होंने इस सम्बन्ध में समय से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि क्रय केन्द्रों पर किसानों को कोई परेशानी न हो और किसानों को धान मूल्य के भ्गतान में देरी न हो दीनदयाल जयंती राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महान विचारक और यगप्रूष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भावपूर्ण स्मरण करते हुए उन्हें भारत निर्माण को वैचारिक दिशा देने वाला प्रोधा बताया उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रखर राष्ट्रवादी और चिंतक थे वे बहआयामी प्रतिभा के धनी थे वे महान शिक्षाविद राजनीतिक प्रखर वक्ता लेखक और पत्रकार थे उनका मानना था कि हिन्दू कोई धर्म या सम्प्रदाय नहीं बल्कि भारत की संस्कृति है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादन स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया उन्होंने अपने आवास और भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पृष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल का मानना था कि देश तभी ख्शहाल और समृद्ध हो सकता है जब समाज के अन्तिम पंक्ति पर खड़े गरीबों का उत्थान हो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने शासकीय आवास पर पंडित दीनदयाल को श्रदधांजलि अर्पित की कोरोना संक्रमित होने के बाद होम क्वारंटीन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जन संघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जीवन पर्यत राष्ट्रीय चिंतन को महत्व दिया है प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किये अल्मोड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया नया कोविड सेंटर बागेश्वर जिले में कोरोना संक्रमण के कारण कोषागार को दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए अब नया कोविड सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जिलाधिकारी ने डिग्री कॉलेज में बन रहे नए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

रिकवरी दर में सुधार हो रहा है

ओजस क्वाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उतराखंड आय्र्वेद विश्वविद्यालय सप्ताह भर कोरोना जागरूकता अभियान चला रहा है